केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आज नई दिल्ली में आयकर रिटर्न से जुडी टाइम सीरीज डाटा जारी किये जिसमें ये जानकारी सामने आई

सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चन्द्रा ने ये आंकडे जारी किये उन्होंने बताया कि नये आंकडों से यह परिलक्षित होता है कि सरकार द्वारा किये गये विघायी और प्रशासनिक उपायों से यह सुधार हुआ है

श्री नायडू ने आज जालघर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए शिक्षा मुख्य चोत होती है और यह समाज में ज्ञान बढाने के लिए नींव का काम करती है संस्थानों को विद्यार्थियों को विश्लेषणकर्ता तथा कौशल और नवीनता भरी सोच वाला नागरिक बनाना चाहिए

नागौर बांसवाड़ा डूंगरपुर सवाईमाघोपुर सहित विभिन्न जिलों में इस दौरान टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीके लगाए जाएंगे इन क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान पूरे सप्ताह चलेगा

इन महिलाओं की निगरानी के लिए एक दल गठित किया गया है

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार स्वाइन फलू और मौसमी बीमारियों से होने वाली मौतों को रोकने में नाकाम रही है आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने आरोप लगाया कि माजपा जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है और इसी कारण वह अपने पांच साल की उपब्धियों पर चर्चा नहीं करना चाहती उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों हजारों कर्मचारी हडताल पर रहे और सरकार आचार संहिता लगने का इंतजार करती रही जबकि लोकतंत्र में कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए थी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मनरेगा को कमजोर किया है जबकि अकाल की स्थिति में लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए दूसरी ओर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनकी आपसी फूट उजागर हो रही है

ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड ने भी श्री गहलोत पर पलटवार करते हुए भाजपा द्वारा की गई कर्ज माफी निश्चित सीमा तक मुफ़त बिजली देने समेत अन्य जन कल्याणकारी काम गिनाए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बजरी खनन पर रोक है श्री राठौड ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही कर्मचारियों को छठा और सातवां वेतन आयोग का लाभ दिया गया

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड ने बताया कि नवम्बर के पहले सप्ताह में भाजपा की पहली सूची जारी होने की संभावना है

आज जालौर में भी स्वीप कार्यकम के तहत जागरूकता की रैली निकाली इस रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी बी एल कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जालौर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली नगरपालिका पहुंची रैली के जरिए मतदान करने का संदेश दिया गया जयपूर में निर्वाचन प्रकिया से आमजन को जोड़ने के लिए किए जाने वाले प्रचार प्रसार में और अधिक गति लाने के लिए कल एक दिन का प्रशिक्षण और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि आज अंतिम दिन भी वायुसेना के विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित किया

उसने एक ए एन एम का ट्रांसफर करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी चित्तौड़गढ के बेगू क्षेत्र के एक स्कूली छात्र की बस से कुचलने से मौत हो गई

न्यायाधीश आर पी सोनी ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया